किसान सम्मेलन म्ख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी जारी रहेगी वहीं मंडियों का संचालन भी निरंतर जारी रहेगा भाजपा द्वारा नए कृषि बिलों के समर्थन में राजधानी भोपाल में आयोजित संभाग स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस की पूर्वर्ती सरकार में कर्जमाफी के नाम पर किसानों को डिफाल्टर बना दिया और म्आवजे का एक पैसा नहीं दिया सम्मेलन को संबोधित करते हए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्ण् दत शर्मा ने कहा कि किसान को इस कानून में स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो मंडी में या चाहे तो अपने घर से ही व्यापारी से सौदा कर अपनी फसल की कीमत अपनी इच्छान्सार तय कर सकते हैं उज्जैन में भी आज संभाग स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हए कल भी संभाग स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित होंगे गडकरी किसान बिल् सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार किसानों और किसान यूनियनों के सकारात्मक स्झावों पर बातचीत के लिए तैयार है आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गडकरी ने कहा कि अधिकतर परिस्थितियों में जब लोगों को समझाना कठिन होता है तो वे भ्रम के कारण बहक जाते हैं उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित कुछ व्यक्ति कृषि कानूनों के बारे में गलत धारणा फैला रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ कृषि कानून के हर म्ददे पर बातचीत करने के लिए तैयार है श्री गडकरी ने कहा कि सरकार किसानों के हर सकारात्मक स्झाव को स्वीकार करेगी कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि परिषद की वर्च्अल बैठक हई

संशोधनों से प्रदेश में रेत खनिज की आपूर्ति आबाधित रूप से संभव हो सकेगी

यह निर्णय बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है

जन आंदोलन आगरमालवा के मार्शल आर्ट कोच शरद मंडलोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना के खिलाफ श्रू किए गए जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है

हालांकि राजधानी भोपाल में आज बारिश नहीं हई रतलाम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि जिले में सुबह घना कोहरा छाया रहा उधर इंदौर में रुकरुक कर बूंदाबांदी होती रही सतना जिले में ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है बैतूल कलेक्टर राकेश सिंह ने जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं मौसम विभाग ने कहा है कि कल के बाद ठिठ्रन वाली ठंड श्रू हो जाएगी मौसम विभाग के अन्सार आगामी दो दिन में न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई

इसी तरह ग्ना जिले की नवगठित नगर परिषद मध्सूदनगढ़ मे भी तहसीलदार को प्रशासक निय्क्त किया गया है

नमस्कार